छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुए अनेक कार्यक्रम रायपुर में आयोजित की गई विचार गोष्ठी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत विदर्भ के साथ हो रहे मैच के पहले दिन की समाप्ति पर छत्तीसगढ़ ने छह विकेट पर एक सौ अठासी रन बनाए मध्यप्रदेश च्नाव मध्यप्रदेश और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ मध्यप्रदेश की दो सौ तीस विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में चौहत्तर प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं मिजोरम में विधानसभा की चालीस सीटों के लिए हुए मतदान में करीब पचहत्तर फीसदी लोगों द्वारा वोट डालने की खबर मिली है दोनों राज्यों में मतों की गणना ग्यारह दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे ओपी रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं श्री रावत आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए तेलंगाना सहित पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश और कर्नाटक के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गृह और आबकारी विभाग के सचिव तथा अर्द्द सैनिक बलों के महानिरीक्षकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने तेलंगाना में विधानसभा निर्वाचन के दौरान अंतर्राज्यीय सीमा पर चौकसी करने के साथ ही नगद राशि शराब और मादक पदार्थों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की इस अवसर पर श्री रावत ने छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण मतदान होने पर खुशी जताई और कहा कि इसका असर मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों पर भी देखने को मिलेगा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के प्रभारी मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बताया कि बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा तेलंगाना से लगी हई है वहां शराब के अवैध परिवहन को रोकने आबकारी विभाग द्वारा दो चेकपोस्ट बनाए गए हैं जिससे लोगों की आवाजाही और माल परिवहन की निगरानी की जा रही है सुब्रत साहू ज्ञापन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि प्रदेश के सभी मतगणना केन्द्रों और स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईव्हीएम स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे और सशस्त्र सुरक्षा बल की निगरानी में हैं गौरतलब है कि कल धमतरी के स्ट्रांग रूम में दो पटवारियों के अनाधिकृत प्रवेश पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने ईव्हीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया प्रदेश कांग्रेस भूपेश बघेल के साथ अन्य प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री साहू को ज्ञापन सोंपकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की थी श्री साह ने प्रतिनिधि मण्डल को विश्वास दिलाया कि सुरक्षा को लेकर की गई शिकायत के हर पहलू और तथ्यों की जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और इसमें कोई कमी न हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है धमतरी ईव्हीएम सुरक्षा धमतरी जिले में नवीन लाइवलीहड कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में सात सौ मतदान केंद्रों की ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित तरीके से रखा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सीआर प्रसन्ना ने बताया कि मतगणना केन्द्र स्थित स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित है मतगणना केन्द्र के आस पास सुरक्षा बल और स्ट्रांग रूम को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है गौरतलब है कि अभ्यर्थियों ने सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता किए जाने और मतगणना कोन्द्र के बाहर व्यक्तिगत निगरानी की अनुमति प्रदान करने की मांग जिला निर्वाचन अधिकारी से की थी

कलेक्टर के आदेश के बाद अब अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के बाहर टेन्ट में रहकर निगरानी कर रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बाद अभ्यर्थी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं मतगणना प्रशिक्षण इस बीच प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं प्रत्येक जिला मुख्यालय में ग्यारह दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए अधिकारियों सहित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मास्टर ट्रेनर और उप जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसी कड़ी में अंबिकापुर में आज जशपुर सूरजपुर बलरामपुर और सरगुजा जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और मतगणना सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों को खोलने तथा गणना अभिकर्ता की नियुक्ति जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया इसके अलावा अंतिम परिणाम पत्र बनाने और निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी करने जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी जानकारी दी गई वहीं मतगणना के दौरान रखी जाने वाली विशेष सावधानियों के बारे में भी अधिकारियों को बताया गया कल उनतीस नवंबर को राजधानी रायपुर में बलौदाबाजार गरियाबंद और रायपुर की सभी विधानसभा सीटों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा

यह बैठक प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और डॉक्टर अरूण उरांव सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल कांग्रेस विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के प्रमुख डॉक्टर चरणदास महंत सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए बैठक में मतदान पश्चात रिथिति की समीक्षा करने के साथ ही मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा उपायों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है छत्तीसगढ़ी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने और उसके व्यापक प्रसार के लिए दस साल पहले छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था इस अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की ओर से रायपुर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के आर पिस्दा ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा को काम काज की भाषा बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए सबकी सहभागिता से निरंतर प्रयास करने की जरूरत है श्री पिस्दा ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अधिक से अधिक साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशन की आवश्यकता बताई वहीं रायपुर संभाग के कमिश्नर जीआर चूरेन्द्र ने कहा कि हमें अपने घर परिवार समाज और कार्यालयों में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए कार्यक्रम में पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने कहा कि बड़े अधिकारी आम जनता से छत्तीसगढ़ी में बातचीत करे तो धीरे धीरे काम काज भी छत्तीसगढी में प्रारंभ होगा इस अवसर पर वरिष्ठ कवि गणेश सोनी प्रतीक डॉक्टर चितरंजन कर रामेश्वर शर्मा सहित अनेक साहित्यकार उपस्थित थे रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत छत्तीसगढ़ और विदर्भ के बीच खेले जा रहे मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में छह विकेट पर एक सौ अठासी रन बना लिए हैं नया रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में छत्तीसगढ़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया छत्तीसगढ़ की तरफ से हरप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा तिरसठ रन बनाए वहीं मनोज सिंह इकतालीस और सुमित रूईकर आठ रन बनाकर नाबाद हैं विदर्भ की ओर से आदित्य ठाकरे ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए